प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिये देश को स्वच्छ उर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते कई जगह बारिश और ओला वृष्टि हई मौसम विभाग ने पश्चिम विक्षोभ का असर आगामी दो दिन जारी रहने की संभावना जताई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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अध्यक्ष के चुनाव सात फरवरी को होंगे

इसके साथ अब तक अठारह से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मृत्यु के मामले सामने आ चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में हनुमानगढ नागौर बांसवाडा सीकर सवाई माधोपुर जैसलमेर अजमेर तथा भीलवाडा में कौंओं तथा अन्य पक्षियों के मरने के मामले सामने आये हैं इन सभी जिलों से सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गये हैं सचिवालय में आज दिनभर मीटिंग का दौर जारी रहा कृषि और पशुपालन मंत्री लाल चंद कटारिया ने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की बैठक के बाद उन्होंने बताया कि झालावाड़ कोटा और बारां में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है

वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय भी हालात पर नजर बनाये हुए है

विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है साथ ही कोल्ड चेन को भी सुद्रढ़ किया गया है विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघ्राज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है

आज का प्रश्न है क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है इसका जवाब है कोरोना वैक्सीन को लिए पंजीकरण अनिवार्य है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

टॉय कथॉन का उद्देश्य देश में ऐसे खिलौनों के निर्माण को प्रात्साहित करना है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हों और बच्चों में सकारात्मक व्यवहार विकसित कर सकें शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत मेंकहा कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा उन्होंने कहा कि इस तरह के खिलौने बच्चों में भारतीय ज्ञान संस्कृति और विज्ञान को प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे

टॉय कैथॉन में नए डिजाइन के खिलौने बनाने में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो किफायती होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और सुरक्षित हों

इस प्रतियोगिता में दो श्रेणियां होंगी

बीकानेर के श्री ड्रंगरगढ़ में आज बारिश हई जिले में खाजुवाला में भी बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई झुंझुनू में सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा जयपुर में बारिश होने के बाद दिन भर बादल छाये रहे

इस मौके पर नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवी युवाओं को जल जागरूकता के लिये शपथ दिलाई गई